सुकमा जिले में आज सात माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया

अदालत ने मजदूरों के पुनर्वास के लिए उनके कौशल का विवरण तैयार करने के बाद रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाए बनाने का भी निर्देश दिया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण संजय किशन कौल और एम आर शाह की पीठ ने केंद्र को यह निर्देश भी दिया कि मजदूरो को उनके गृह राज्य भेजने के लिए राज्यों की मांग के अनुरूप चौबीस घंटे के अंदर अतिरिक्त रेलगाड़ियां उपलब्ध कराई जाएं अदालत ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के मामले में मजदूरों पर दर्ज सभी मुकद्दमें वापस लेने पर विचार करने का भी निर्देश दिया पीठ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मजदूरों की पहचान और पंजीकरण किया जाए जो अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं परिवहन की व्यवस्था सहित यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए अधिकारियों को मंगलवार से पन्द्रह दिन का समय दिया गया कोरोना मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव नियंत्रण के उपायों और मरीजों के इलाज की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है साथ ही उन्होंने इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए आगे की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया श्री बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए एक समीक्षा बैठक ली मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्वारेंटीन सेंटर्स की व्यवस्था और अस्पतालों में उपलब्य बिस्तरों के बारे में जानकारी ली मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि संक्रमित व्यक्ति से अस्पताल आने वाले अन्य मरीज संक्रमित ना हो मुख्यमंत्री ने चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ के लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए गाइड लाईन का पालन के निर्देश दिए उन्होंने एम्स रायपुर के निदेशक और बिलासपुर सिम्स के अधिकारियों से भी व्यवस्थाओं पर चर्चा की बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिलों में एक सौ इकतालीस कोविड केयर सेंटरों और मरीजों के लिए इक्कीस हजार दो सौ तीस बिस्तर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है एम्स कोरोना जांच रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में अब कोरोना जांच रिपोर्ट केवल डेढ़ घंटे में मिल सकेगी पहले इस जांच में करीब चार घंटे का समय लगता था एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर ने बताया कि वीआरडी लैब में आरएनए एक्सट्रेशन मशीन पहुंच गई है इसकी मदद से कोविड नाइंटिन के सैंपल की जांच क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी डॉक्टर नागरकर ने बताया कि वीआरडी लैब में आरएनए एक्स्ट्रेशन अब पूरी तरह से ऑटोमेटिक हो जाएगा कोविड नाइंटिन की टेस्ट प्रक्रिया के इसी भाग में सबसे अधिक समय लगता था जो अब चार घंटे से कम होकर डेढ़ घंटा रह जाएगा उन्होंने बताया कि एम्स में एक और अत्याध्रनिक आरटी पीसीआर मशीन भी लैब में स्थापित की जा रही है इससे एम्स में आरटी पीसीआर की संख्या तीन से बढ़कर चार हो जाएगी इसमें भी एक साथ छियानवे नमूनों की जांच हो सकेगी और समय भी कम लगेगा उन्होंने उम्मीद जताई की है कि इससे एम्स रायपुर की जांच करने की क्षमता बढ़ेगी गौरतलब है कि वर्तमान में एम्स द्वारा प्रतिदिन करीब डेढ़ हजार टेस्ट किए जा रहे हैं इस बीच राज्य सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में इस समय एम्स रायपूर के अलावा जगलदपुर रायपुर और रायगढ़ में स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में भी कोविड नाइंटिन मरीजों की पहचान के लिए सैंपलों की जांच पूरी क्षमता से की जा रही है मुख्यमंत्री उद्योग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे बाहर से आने वाले श्रमिकों की जानकारी प्रशासन को तत्काल दें आज रायपूर स्थित अपने निवास में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों में काम के दौरान यदि किसी श्रमिक में संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं तो इसकी जानकारी तत्काल प्रशासन को दी जाए उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बाहर से आने वाले श्रमिकों के ठहरने के लिए उचित प्रबंध किया जाना चाहिए साथ ही कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सारे ऐहतियाती उपाय अमल में लाए जाने चाहिए मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होटल और रिसार्ट खोलने को कहा साथ ही कृषि और उद्यानिकी फसलों पर आधारित प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने का भी आहवान किया कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ में आज समाचार लिखे जाने तक कोरोना संक्रमित चौदह नए मरीजों की पहचान की गई है इनमें रायपुर जिले से सात बलौदाबाजार से तीन राजनांदगांव से दो और बेमेतरा तथा जांजगीर चांपा जिले से एक एक मरीज शामिल हैं वहीं आज एम्स रायपूर से बारह कोरोना पीड़ित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई इस तरह फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना प्रभावित कुल आठ सौ उनसठ मरीजों का इलाज चल रहा है इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण से बीती रात पांचवीं मौत हुई एम्स के अनुसार दुर्ग की एक युवती को रविवार की रात गंभीर हालत में भर्ती कराया गया था चौबीस वर्षीय यह युवती टीर्वी की बीमारी से पीड़ित थी कल इस युवती की मौत हो गई यह युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी वहीं आज सिर में गंभीर चोट की वजह से एम्स में इलाज के लिए भर्ती दुर्ग के ही एक बुजुर्ग की मौत हो गई

ब्रजूर्ग की मृत्यू के बाद मृतक के निवास क्षेत्र के आसपास के इलाके को कंटेनमेन्ट जोन घोषित किया जा रहा है राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में करीब बीस हजार क्वारेंटाइन सेंटरों में दो लाख अड़तीस हजार से अधिक लोग क्वारेंटाइन में रखे गए हैं इसके अलावा तिरपन हजार से अधिक व्यक्ति इस समय होम क्वारेंटाइन में हैं

साथ ही उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए डीजीपी ने इस संबंध में राज्य के सभी रेंज के पुलिस महानिरीक्षकों और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं श्री अवस्थी ने कहा कि इस प्रकार के मामलों के कारण पुलिस विभाग मे कार्यरत् ईमानदार और अनुशासित पुलिसकर्भियों की मेहनत खराब होती है और पुलिस की नकारात्मक छवि जनमानस के सामने आती है इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में पुलिसकर्भियों द्वारा आमजनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस महानिदेशक को संबंधित पुलिस अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि पुलिस का व्यवहार आम नागरिकों से सम्मानजनक और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए मुख्यमंत्री जीएसडीपी पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केन्द्र सरकार से राज्यों के दिए दी गई जीएसडीपी के दो प्रतिशत अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति को सभी शर्तो से मुक्त रखने का आग्रह किया है इस सिलसिले में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री ने लिखा है कि कोविड नाइंटिन महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के कारण राज्यों को होने वाली आय में कमी आयी है कोरोना संकट और लाकडाउन की वजह से उत्पन्न विषम परिस्थिति से निपटने को लिए राज्य सरकारों का दायित्व अब और भी बढ गया है इस बीच मुख्यमंत्री ने राज्य में कार्यरत सभी शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की है कि कोरोना महामारी के इस संकट में जरूरतमंदों और पीड़ितों की सहायता के लिए पहले की तरह आगे भी सहयोग राशि प्रदान करें मुख्यमंत्री ने सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों औद्योगिक और व्यापारिक प्रतिष्ठानों सहित आमजनों से भी आगे ै आकर जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है

गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर पहले मंत्रालय में एक तिहाई कर्मचारियों से काम चलाया गया वहीं वर्तमान में पचास प्रतिशत अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हो रहे हैं लेकिन अब शासन के कामकाज में तेजी लाने के लिए मंत्रालयीन सेवा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपस्थित होने के लिए कहा गया है इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेन पंजाब में फंसे जांजगीर चांपा जिले के मजदूरों को लेकर कल एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन अमृतसर से रवाना होगी इस ट्रेन में ऐसे श्रमिक जो हिमाचल प्रदेश में फसे हुए हैं वे भी छत्तीसगढ़ आने के लिए हिमाचल प्रदेश के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं मनरेगा बजट महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक लाख एक हजार पांच सौ करोड रुपये का प्रावधान किया गया है इस कार्यक्रम के तहत पहली बार इतनी बडी राशि का प्रावधान किया गया है केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है

अब मनरेगा का कल बजट है एक लाख एक हजार पांच सौ करोड़ रुपया है

तीन करोड़ से ज्यादा मजदूर अभी मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं मनरेगा कार्य इस बीच माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में मनरेगा के जरिए करीब आठ सौ हेक्टेयर रकबे में सिंचाई सुविधा मिलेगी इसके लिए अलग अलग जलाशयों से जुड़े नहरों सीसी लाईनिंग रिटेनिंग वाल्व निर्माण और क्षतिग्रस्त सलूस गेट के पुर्ननिर्माण का काम चल रहा है इस परियोजना में नौ जलाशय शामिल हैं जिससे करीब एक हजार किसान के खेतों तक पानी पहंच सकेगा वहीं इस कार्य से जिले के चौवालीस हजार से अधिक श्रमिकों को सीधे रोजगार भिला है यह परियोजना दो चरणों भें पूरी होगी और इसकी कुल लागत करीब नौ करोड़ साठ लाख रूपए है वहीं जांजगीर चांपा जिले में भी नवगठित छब्बीस ग्राम पंचायतों में नये पंचायत भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है यह कार्य मनरेगा और चौदहवें वित्त आयोग द्वारा संयुक्त अभिसरण से किया जा रहा है जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल ने बताया कि इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा होने से लोगों को एक ही छत्त के नीचे सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी

इन माओवादियों पर बुर्कापाल हमले सहित कई अन्य बड़ी वारदातों में शामिल रहने का आरोप है इन माओवादियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया आत्मसमर्पण करने वालों में माओवादियों के कोंटा एरिया कमेटी प्रमुख का सुरक्षाकर्मी भी शामिल है वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इस माओवादी के पास से एसएलऑर के पांच जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं जिले के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने बताया कि चिंतागुफा इलाके में सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने इस माओवादी को जंगल से पकड़ा गिरफ्तार माओवादी पर दुल्लेड़ इलाके में पुलिस दल पर फायरिंग सहित कई अन्य वारदातों में शामिल रहने का आरोप है उधर बीजापुर जिले में माओवादी भिलिट्री प्लादून के एक सदस्य ने आत्मसमर्पण किया है इस माओवादी पर ताकिलोड़ सहित दो अन्य बड़ी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है इस माओवादी ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया दुर्घटना बेमेतरा नवागढ़ मार्ग पर आज सुबह सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है मिली जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब एक ट्रक ने मोटर साइकिल को टक्कर मार दी वहीं राजनाजनांदगांव में भी सीआईटी कालेज के पास आज तड़के हुई सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए उधर महासमुंद जिले के सिरपुर मोड़ के पास चारपहिया एक वाहन सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई इस घटना में मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया फ़ोजन फूड इकाई छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की पहली फ्रोजन फूड इकाई गोल्ड की आज से शुरूआत हुई मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस इकाई का शुभारंभ किया यह संयंत्र रायपुर के उरला क्षेत्र स्थित बोरझरा में स्थापित किया गया है इस इकाई में आलू पराठा लहसुन चीज नान वेज सीक कबाब पपीता हलवा और सेवई खीर सहित कई अन्य शाकाहारी फोजन फूडे प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि कोरोना संकट के इस दौर में जब लोगों का रोजगार छूट रहा है तब राज्य में एक नई फैक्टरी शुरू होने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा संक्षिप्त समाचार सूरजपुर जिले के पर्री स्थित क्वारेंटाइन सेंटर में कथित रूप से अव्यवस्था का आरोप लगाकर बीस से अधिक मजदूर आज पैदल ही अपने घर जाने की कोशिश की सूचना के बाद प्रशासनिक टीम इन मजदूरो को समझाने के लिए मौके पर पहुंची भिलाई के एक स्टीलॅ कारोबारी ने नागपूर के एक इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक सहित दो लोगों के खिलाफ उन्नीस लाख रूपए की घोखाघड़ी करने आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कराया है कोंडागांव के मर्दापाल थाना क्षेत्र से हत्या के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है राजनांदगांव के डोंगरगांव क्षेत्र में खनिज विमाग ने रेत और मुरम का अवैध परिवहन करने के मामले में छह हाईवा सहित सात गाड़िया जब्त की हैं अंबिकापुर में पुलिसकर्भियों के लिए योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया जा रहा है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर खुलने के बाद कल पहले दिन दो सौ सत्तर श्रद्वालुओं ने माता रानी के दर्शन किए